केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कोयले के अवैध कारोबार के मामले में झारखण्ड समेत देश के चार राज्यों के चालीस ठिकानों पर की छापेमारी राज्य के सभी जिलों में चल रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम कल और पांच तथा छह दिसंबर को मतदान केंद्रों में लगेंगे विशेष शिविर मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम ठंडी हवा चलने से बढ़ेगी कनकनी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

मास्क पहनें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 हाथ और मंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस टीके को बनाने वाली तीन शहरों की कम्पनियों का दौरा कर रहे हैं वे सबसे पहले आज अहमदाबाद गये हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया श्री मोदी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने टीका निर्माण के काम में जुटी टीम की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस यात्रा में वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है प्रधानमंत्री इसके बाद हैदराबाद गये वहां राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार पुलिस महानिदेशक महेन्द्र रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हाकिमपेट स्थित वायुसेना हवाईअड्डे पर उनकी अगवानी की हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री जिनोम वैली में रिथित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की इसके बाद श्री मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीटयूट का दौरा कर कोविड टीके कें उत्पादन के बारे में मौके पर जानकारी हासिल की हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी टीके के सफल परीक्षण के बाद इसकी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया उल्लेखनीय है कि जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी के टीके का पहले चरण का क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है कंपनी ने अगस्त से इसका दूसरा चरण शुरू किया है भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है सीरम इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश तथा स्वीडन की फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी एस्ट्राजेनेका की भागीदारी से इसका निर्माण कर रही है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कोयले के अवैध कारोबार के एक मामले में झारखण्ड समेत देश के चार राज्यों के चालीस ठिकानों पर छापेमारी की है

सीबीआई के अनुसार इस अवैध कार्य का सरगना अनुप माझी उर्फ लाला पश्चिम बंगाल का रहने वाला है उसके तथा उसके सहयोगियों के आसनसोल स्थित घर और कार्यालयों में छापेमारी की जा रही है उत्तरप्रदेश और बिहार में भी इसी तरह की जांच की जा रही है सीबीआई ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और रेलवे के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं आसनसोल सहित पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रानीगंज और बिशुनपुर में भी सीबीआई द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है बंगाल झारखंड सीमा पर कोयला खदानों में अवैध कारोबार में लिप्त था आयकर विभाग ने इस महीने की शुरूआत में उसे नोटिस जारी किए थे तथा उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है

मंत्रालय ने कहा है कि जांच उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढी है और मृत्य दर में कमी आई है

नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के वार्ष्णेय इस चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

यह आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चौनलों पर भी उपलब्ध रहेगा हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान समाज सुधारक ज्योतिबा फले की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन अर्पित किया है

चाईबासा जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र स्थित खांडा गांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया इस दौरान नक्सली संगठन पीएलएफआई के साथ मुठभेड़ हुई जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने आज बताया कि मुठभेड़ के दौरान नक्सली भाग निकले लेकिन पुलिस ने बड़ी संख्या में इनके हथियार और अन्य सामग्रियों को बरामद किया है

वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाए उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए

लोहरदगा जिले में आज मासिक ई लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान मासिक ई लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तीन बेंचो का गठन किया गया इसके तहत प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट द्वितीय बेंच में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और तृतीय बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम को नियुक्त किया गया राजधानी रांची समेत झारखण्ड के अधिकतर हिस्सों में अगले तीन दिनों तक मौसम साफ रहेगा रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान ठंडी हवा चलेगी और कनकनी भी बढ़ेगी श्री आनंद के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में शुरू होगा जिस कारण रांची और आसपास के जिलों के तापमान में गिरावट आएगी लातेहार जिले की पुलिस ने एक गिरोह के पांच डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ये समी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं जिले के पुलिस उपाधीक्षक रतिभान सिंह ने आज बताया कि ये सभी अपराधी लातेहार जिले के महआडांड़ इलाके में लूटपाट किया करते थे